विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक ट्वीट में स्वदेश पहुंचे भारतीय नागरिकों का स्वागत किया

डॉक्टर जयशंकर ने सिंगापुर में भारतीय उच्चायुक्त जावेद अशरफ के नेतृत्व में उच्चायोग की टीम के प्रयासों की सराहना की वंदे भारत मिशन के अंतर्गत सिंगापुर में फंसे भारतीयों को लेकर पहली उड़ान रविवार को अहमदाबाद पहुंचेगी वंदे भारत मिशन के तहत तीन सौ भारतीय नागरिकों को ला रही दो विशेष उड़ानें आज केरल पहुंचनी है लगभग सात सौ पचास भारतीय आज मालदीव की राजधानी माले से स्वदेश के लिए रवाना होंगे ये लोग नौसेना के जलपोत जलाश्व के जरिये कोच्चि बंदरगाह पंहुचेंगे स्वदेश लौटने वालों में रोगियों वहां गये पर्यटकों गर्भवती महिलाओं और उन श्रमिकों को प्राथमिकता दी जा रही है जिनकी नौकरी चली गई है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने विदेश से लौटने वाले व्यक्तियों संदिग्ध या संक्रमण की पुष्टि वाले लोगों के प्रथकवास और आइसोलेशन के लिए होटल सर्विस अर्पाटमेंट और लॉज जैसे निजी केन्द्रों के इस्तेमाल के बारे में अतिरिक्त दिशा निर्देश जारी किये हैं

इससे परिवार पर दबाव कम होगा संबंधित व्यक्ति को सहूलियत होगी तथा परिवार के सदस्यों और आस पड़ोस की संक्रमण से सुरक्षा होगी प्रदेश के नागरिक उड़डयन मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी ने विदेशों से विमान द्वारा भारत आने वाले यात्रियों के बारे में बताया कि इन लोगों की सुरक्षित वापसी सरकार की जिम्मेदारी है उन्होंने बताया कि सउदी अरब में फंसे प्रदेश के दो सौ नागरिकों को लेकर एयर इंडिया की सीधी उड़ान शारजाह से अमौसी पहंचेगी इन यात्रियों की स्क्रीनिंग और स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था की जा रही है लखनऊ से बाहर के यात्रियों को भूगतान के आधार पर बस अथवा टैक्सी से उनके जिलों में भेजा जायेगा लखनऊ निवासी लोगों को तीन श्रेणियों के होटलों में भूगतान के आधार पर क्वारेंटीन किया जायेगा प्रदेश सरकार ने राज्य में निवेश आकर्षित करने और मौजूदा तथा नई औद्योगिक इकाइयों की सहायता करने के लिए अनेक श्रमिक कानून तीन वर्ष के लिए स्थगित कर दिये हैं राज्य सरकार ने जापानी कंपनियों से निवेश हासिल करने के लिए जापानी हेल्प डेस्क स्थापित करने और उन्हें उत्तर प्रदेश में व्यापार शुरू करने में मदद करने का भी फैसला किया है

श्रम नियमों में सहूलियत को दिए जाने के बाद प्रदेश के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग तथा निर्यात मामलों के मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कल जापान के भारत में जापान के राजदूत सतोशी सुजुकी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की और कहा कि उत्तर प्रदेश में नए उद्योगों की स्थापना के लिए पर्याप्त संख्या में भूमि और कुशल श्रमिक मौजूद हैं उन्होंने कहा कि जापान के उद्यमियों की मदद के लिए प्रदेश में जापान हेल्पडेस्क की स्थापना की जाएगी

सुशील चंद तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने आज कैलाश मानसरोवर के लिए सम्पर्क मार्ग का वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम स लोकार्पण किया यह सम्पर्क मार्ग धारचुला से चीन सीमा पर लेपु लिक को जोड़ेगा जिसे कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग नाम से जाना जाता है इस अवसर पर श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सीमा सडक संगठन महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है और सीमा क्षेत्रों को जोड़ने में उल्लेखनीय भूमिका निभा रहा है रक्षामंत्री ने पिथौरागढ स गुंजी के लिए वाहनों को झण्डी दिखाकर रवाना किया

पुलिस के अनुसार दुर्घटना में पांच लोग घायल हुए हैं यह दुर्घटना औरंगाबाद और जालना के बीच हुइ वहां पर श्रमिक रेल पटरियों पर सो रहे थे सभी मृतक जालना जिले में चंदनजिरा में एक इस्पात फैक्टरी में काम करते थे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रेल दुर्घटना में मारे गय लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की है प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनोश कुमार अवस्थी ने बताया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सभी प्रवासी कामगारों के साथ सम्मान जनक व्यवहार किया जाये मुख्यमंत्री ने प्रदेश में आये प्रवासी कामगारों के रोजगार की व्यापक कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिये हैं इन कामगारों को मनरेगा एनएसएमई ओडीओपी विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना महिला स्वय सहायता समूह डेयरी खाद्य प्रसंस्करण तथा गौ आश्रय स्थल से जोड़ते हुए रोजगार दिया जायेगा

प्रदेश में विभिन्न राज्यों से प्रवासी कामगारों को लेकर सर्वाधिक ट्रेने पहुंची है रेल यात्रा के बाद इन लोगों को परिवहन निगम की बसों से उनके गृह जनपदों तक भेजा हा रहा है

इस समय उन्सठ जिलों में एक हजार आठ सौ इक्कीस एक्टिव मामले हैं जबकि एक हजार दो सौ इकसठ लोग ठीक होकर अपने घरों को भेजे जा चुके हैं इस संक्रमण से प्रदेश में तिरसठ लोगों की मौत हुई है उन्होंने बताया कि प्रदेश में संक्रमण के टेस्ट लगातार किये जा रहे हैं साथ ही पूल टेस्टिंग भी हो रही है देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान गरीबों को मुफ्त खादयान उपलब्ध कराने के लिये केन्द्र सरकार ने छब्बीस मार्च को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की थी इसके तहत पात्र लोगों को अप्रैल से जून के बीच हर महीने प्रति व्यक्ति पांच किलो खाद्यान दिया जाता है यह खाद्यान पात्र लोगों को मिलने वाले दो रूपये प्रति किलो की दर से तीन किलो गेहूँ और तीन रूपये प्रति किलो की दर से दो किलो चावल के अतिरिक्त है उत्तर प्रदेश में इस याजना के अन्तर्गत इक्कीस लाख तीस हजार मीट्रिक टन चावल का आवंटन किया गया है भारतीय खाद्य निगम के उत्तर प्रदेश महा प्रबंधक गिरीश कुमार ने बताया कि प्रदेश के दो सौ दस डिपो के माध्यम से इस चावल को बांटा जा रहा है उन्होंने बताया कि प्रदेश में खाद्यान का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने लोक निर्माण विभाग सेतु निगम और उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम की ओर से मुख्यमंत्री कोविड केयर फंड में पांच करोड़ रूपये की धनराशि जमा की

श्री मौर्य ने बताया कि यह धनराशि इन विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के एक दिन के वेतन का योगदान है

आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा इस परिचर्चा में हिस्सा लेंगे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

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुरुदेव रवीद्रनाथ टैगोर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की

उन्होने कहा कि टैगोर के विचार और अभिव्यक्ति सदैव उत्कृष्ट स्तर के रहे भारतीय स्टेट बैंक ने रेपो दर से जुड़े आवास ऋण की दरों में तीस आधार अंकों की वृद्वि की है कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए उधार लेने वाला तथा रियल्टी कंपनियों के बढ़े ऋण जोखिमों को लेकर बाजार संकेतों के बीच यह कदम उठाया गया है

बाद में काष की सीमांत लागत आधारित ब्याज दर एमसीएलआर से जुड़ी आवास ऋण की दरें भी कम हो गई ज्यादातर आवास ऋण रेपो दर या एमसीएलआर के आधार पर दिये जाते हैं